स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने आज जयपुर में ये जानकारी दी उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया श्री धारीवाल ने बताया कि बैठक में फैसला किया गया कि निकाय प्रमुख का चुनाव अब अप्रत्यक्ष रूप से होगा उन्होंने कहा कि आज देश में असुरक्षा जनता में भय आकोश और हिसा का माहौल देखने को मिल रहा है और सरकार चाहती है कि जनता में प्रेम और भाईचारा बना रहे भारतीय जनता पार्टी ने सरकार के आज के निर्णय का विरोध किया है पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश प्रनिया ने कहा कि राज्य सरकार का फैसला चुनाव घोषणा पत्र विरोधी है

श्री गडकरी ने आज नई दिल्ली में एक राष्ट्र एक फास्टैग पर आयोजित सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कहा कि फास्टैग एक पारदर्शी व्यवस्था बन गयी है जिससे टोल प्लाजा पर जाम नहीं लगेगा उन्होंने कहा कि अब वस्त और सेवा कर जीएसटी को भी फास्टैग से जोड़ दिया गया है इसके अलावा एक दिसम्बर से समी नये वाहनों ट्रक बस कार के लिए पहले से ही फास्टैग लगाना जरूरी कर दिया गया है

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ऐनीमेशन से पढाई को रोचक और आसान बनाया जा सकता है उन्होंने जीवन में संगीत कला और साहित्य की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया

निर्धारित शुल्क देकर किसान पंजीयन करा सकता है

बैंकों की ओर से यह आयोजन एक अक्टूबर से शुरू किया गया

उन्हें यह पुरस्कार फ़ांस की एस्थर डुफ़्लो और अमेरिका के माइकल केमर के साथ संयुक्त रूप से दिया गया है उन्हें यह पुरस्कार वैश्विक स्तर पर गरीबी उन्मूलन के लिए किए गए कार्यों के लिए दिया गया है

विभिन्न समाजों संगठनों के प्रतिनिधिमंडलों तथा आम लोगों ने जन सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री को अपनी समस्याओं से अवगत कराया श्री गहलोत ने वहां मौजूद अधिकारियों को इन समस्याओं के समाधान के दिशा निर्देश दिए

पत्र सूचना कार्यालय जयपुर की अपर निदेशक प्रज्ञा पालीवाल गौड़ ने बताया कि प्रदर्शनी में गांधीजी के विचार और उनके संपूर्णे जीवन की उपलब्धियों को डिजिटल तकनीक के माध्यम से दिखाया जाएगा प्रदर्शनी में स्वच्छता पर आधारित सारे गांव स्वच्छ रहे फिल्म का प्रदर्शन भी किया जाएगा

नगर कीर्तन में गुरूनानक देव के वस्त्र और उनकी चरणपादका भी संगत के दर्शन के लिए लाए गए

इस कीर्तन का आयोजन शिरोमणि गुरूद्वारा प्रबंध कमेटी अमृतसर के सानिध्य में किया जा रहा है